पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गया में रैली को करेंगे संबोधित

और प्रदेश में अब तक एक लाख तिरासी हजार कोविड रोगी हो चुके हैं स्वस्थ

पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रदेश में चूनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी बड़े नेता की यह पहली रैली होगी रैली के संदर्भ में कोविड उन्नीस को लेकर चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित मापडंदों का पालन किया जायेगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि श्री नड्डा के भाषण का प्रसारण सोशल मीडिया पर भी किया जायेगा पहले चरण के लिये चुनाव प्रचार अब गति पकड़ रही है हर पार्टी और प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिये नये नये तरीके अपना रहे हैं इसके साथ ही सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से दूसरे चरण के चुनाव के लिये पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा आज होने की संभावना है कल देर शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय किये गये पार्टी तैंतीस जिलों में ही अपने प्रत्याशी उतार रही है वहीं कांग्रेस भी पार्टी प्रत्याशियों के सूची को जारी करने के लिये तैयारी कर रही है इधर राजद बिना किसी औपचारिक घोषणा के ही उम्मीदवारों के बीच पार्टी चुनाव चिन्ह का वितरण कर रहा है पार्टी ने आठ विधायकों का टिकट दूसरे प्रत्याशियों को दिया है राज्य में इकहत्तर विधानसभा में पहले चरण के लिए जांच के दौरान दो सौ चौंसठ नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की ओर से दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की कुल संख्या एक हजार तीन सौ चौवन थी सबसे ज्यादा नामांकन पत्र गया जिले के अत्रि निर्वाचन क्षेत्र में खारिज किए गए निर्वाचन अधिकारी ने यहां अट्ठाईस में से सत्रह नामांकन को अवैध घोषित किया पहले चरण के चुनाव में दस सौ नब्बे प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गये हैं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि कल है मतदान अट्ठाईस अक्तूबर को होगा कोविड उन्नीस को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं को डाक मत पत्रों के जरिये मताधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदाता डाक मत पत्र से अपना वोट दे सकेंगे मधुमेह और कोविड रोगियों को भी यह सुविधा प्रदान की गई है

राजद ने शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को प्रत्याशी बनाया है जबकि सीतामढ़ी से रितू जायसवाल को चुनाव चिन्ह मिला है सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक रामानुज प्रसाद चुनाव लड़ेंगे वहीं सीवान जिले के रघुनाथपुर सीट से शाहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को टिकट मिलने की बात कही जा रही है इधर जदयू ने मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है अब पूर्व विधायक मनोज कुशवाहा के स्थान पर मनोज कुमार जदयू के प्रत्याशी हैं चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राजनीतिक दलों को समय दोगुना कर दिया है आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अब पैंतालीस मिनट के स्थान पर नब्बे मिनट का समय मिलेगा प्रत्येक प्रसारण सत्र तीस मिनट से अधिक नहीं होगा आयोग के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को चार सौ सत्ताईस मिनट जनता दल यू को तीन सौ तेईस मिनट और राजद को तीन सौ तैंतालीस मिनट का समय मिलेगा इसके अलावा भाकपा को एक सौ आठ मिनट माकपा को अंठानवे मिनट तृणमूल कांग्रेस को नब्बे मिनट और बसपा को एक सौ उन्नीस मिनट का समय मिलेगा यह प्रसारण नामांकन भरने की अंतिम तारीख से लेकर मतदान के दो दिन पूर्व तक होगा मुजफ्फरपुर जिले में गिरफ्तार वारंटियों को अब थाने से जमानत नहीं मिलेगी एसएसपी जयन्तकान्त ने कहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पांच सौ से अधिक लोगों पर सीसीए लगाया गया है वहीं अचार संहिता उल्लंघन के आरोप में पांच बाइक जब्त की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है इधर सीतामढी जिले में पुलिस ने ग्यारह अवैध शस्त्र और उनतीस कारतूस बरामद किए हैं जबकि निरोधात्मक कार्रवाई के तहत एक सौ तिरसठ प्राथमिकी दर्ज की गई है पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि इकतीस लाख बारह हजार दो सौ साठ नेपाली रूपये नौ लाख से अधिक भारतीय रूपये एक हजार लीटर शराब और चौंसठ किलो गांजा एफएसटी ने बरामद किया है महिलाओं के खिलाफ देश भर में बढते अपराध विशेष रूप से यौन हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने कहा है कि यौन अपराध के मामलों में प्राथमिकी या जीरो प्राथमिकी दर्ज किया जाना अनिवार्य है कानून में प्रावधान किया गया है कि यौन अपराध के मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज स्वामित्व योजना की शुरूआत करेंगे श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव लाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना करोड़ों भारतीयों का जीवन बदलने में मील का पत्थर साबित होगी उन्होंने कहा कि छह लाख बासठ हजार गांवों के लोगों को चरणबद्ध रूप से संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे संपत्ति के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा और अब बात कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन की

स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव आठ सात प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में एक हजार दो सौ छब्बीस रोगियों को उपचार के बाद छटटी दे दी गयी है इसी अवधि में दस मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ सौ चौवालीस हो गयी है वहीं कोविड उन्नीस के एक हजार एक सौ चालीस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख चौरानवे हजार छह सौ छियासठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक पटना में दो सौ पचपन नये मामले मिले हैं साथ ही सहरसा से उनहत्तर पूर्णिया से अंठावन मूजफ्फरपूर से पचास और नालंदा से चालीस पॉजिटिव मामले आये हैं इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बारह हजार दो सौ पचास है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तंत्रिका विज्ञान विभाग की प्रमुख डॉक्टर पदमा श्रीवास्तव ने कहा कि इस महामारी से अगर लड़ना है तो मास्क पहनना स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखना इस वक्त की जरूरत है डॉक्टर श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए लोगों को और ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है साउंड बाईट अभी जो आने वाले दिनों में बहत सारे त्योहार आने वाले हैं हमारा दीवाली हमारा ये जो नवरात्रि है क्रिसमिस है उसके बाद ये हम सब लोग खुशी से मनाना चाहते हैं उसमें गेदरिंग हो जाती हे

हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बताया कि ये हमारा आंदोलन होना चाहिए

पटना रेल जंक्शन से रेल पूलिस ने लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपए का सोना और सवा दो लाख रूपये नकद के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है

उन्होंने बताया कि इस संबंध में चुनाव आयोग वाणिज्य कर और आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है इस बीच जीआरपी ने नई दिल्ली से पटना आई श्रमजीवी एक्सप्रेस के एक डिब्बे से सत्ताईस लाख रुपए की चांदी भी बरामद की है गौरतलब है कि चुनाव को देखते हुये पटना हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशनों समेत राज्य के अन्य संवेदनशील स्थानों पर लोगों और वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार की खबर के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है रामविलास पासवान पंचतत्व में विलीन दैनिक जागरण की बड़ी खबर है बिना घोषणा राजद बांट रहा प्रत्याशी को सिम्बल दैनिक भास्कर लिखता है साफ सुथरी छवि वालों के मुकाबले आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को जीतने की संभावना तीन गुना तक अधिक प्रभात खबर ने माता पिता के झगड़े से बच्चों में बढ़ रहा डिप्रेशन को बड़ी खबर बनाया है आज अखबार ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने पर लिखा है सामान्य ज्ञान की परीक्षा में पूछा गया गलत सवाल

पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गया में रैली को करेंगे संबोधित

और प्रदेश में अब तक एक लाख तिरासी हजार कोविड रोगी हो चुके हैं स्वस्थ